तीन चरणों में आएंगे श्रमिक

राज्य में कल से लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की संभावना नहीं है केन्द्र सरकार ने आठ जून से धार्मिक स्थलों होटलो रेस्त्रों और अन्य स्थलों में जारी पावंदियों में ढिल देने की घोषणा की है लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल राज्य में पावंदियों को हटाने का विचार नहीं हो रहा है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षतावाली उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि ने चार जून को लॉकडाउन में निर्धारित नियमों के पालन से संबंधित आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कल से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा यहां धार्मिक स्थल होटल रेस्त्रां कपड़े जूते आदि की दुकानों के खोलने पर लगाई जा रही पावंदी राज्य सरकार अगले आदेश तक जारी रखेगी

देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है

देश में कोर्राना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है

लेह लद्दाख स्थित नुब्रा घाटी चुनुथु घाटी विजयक एवं हिमांक परियोजना कार्य में लगे संताल परगना के दो सौ आठ श्रमिक झारखंड लौटेंगे श्रमिकों के इस समूह को दो चरणों में हवाई जहाज द्वारा वापस लाया जाएगा राज्य सरकार लेह से श्रमिकों के दूसरे और तीसरे समूह को सोमवार सुबह दस बजे एवं मंगलवार शाम सात बजे एयरलिफ्ट कर रांची लायेगी इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है प्रथम चरण में एक सौ पन्द्रह श्रमिक मंगलवार को एवं दूसरे चरण में शुक्रवार व शनिवार को करीब तिरानवे से अधिक श्रमिकों को एयरलिफ्ट करने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है मुख्यमंत्री के प्रयास से इससे पूर्व साठ श्रमिकों के समूह को लेह से एयरलिफ्ट कर झारखण्ड लाया जा चुका है इस तरह लेह में फंसे करीब दो सौ अड़सठ श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर सरकार वापस लाने में सफल होगी मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को वापस लाने में सहयोग के लिए लद्दाख के आयुक्त बीआरओ के अधिकारी स्पाइस जेट इंडिगो और एयर एशिया उद्योग घरानों और कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठन को धन्यवाद दिया है जिनके सामुहिक प्रयास से श्रमिक सुदूरवर्ती क्षेत्र से वापस अपने घर लौटने की उम्मीद को साकार होता देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह रामगढ़ और हजारीबाग के कोरंटाइन सेंटर में अव्यवस्था की शिकायत को गंभीरता से लिया है उन्होंने इन तीनों जिलों के उपायुक्तों से मामले की जांच कर लोगों को मदद पहुंचाने की रिपोर्ट मांगी है शिकायत में कहा गया था कि इन जिलों के कई कोरंटाइन सेंटरो में बिस्तर भोजन और सेनेटाइजेशन की समस्या पायी गई है कोरोना संकमण को देखते हुए राज्य के लगभग तिहत्तर लाख महिलाओं के जनधन खाते में पांच सौ रुपये भेजी जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जारी की गई यह राशि खाताधारक दस जून तक यह राशि निकाल सकते हैं वैसे खाताधारक जो निर्धारित तिथियों में राशि नहीं निकाल सके वे दस जून के बाद सामान्य बैंक अवधि में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिग का पालन कर राशि निकाल सकते हैं

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले छह वर्षों में प्राथमिकता और संरक्षक की भूमिका के कारण यह संभव हो पाया है वे सरकार का एक साल पूरा होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पुस्तक और इसका ई संस्करण जारी करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसानों के हित में लाये गये अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद गिरिडीह जिले के किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई हैं

उपायुक्त अरवा राजकमल ने इस बारे में बताया चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के खेतों में पटवन को लेकर कराए जा रहे अंजनवा नहर निर्माण की अव्यवस्था को देखकर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने नाराजगी जाहिर की है उन्होंने सरकार से दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है उन्होंने कहा है कि स्थित में सुधार नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मामले से अवगत करायेंगे साथ ही एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने की भी बात इन्होंने कही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर बोकारो जिले में जरूरतमंद लोगों के बीच जिला प्रशासन द्वारा सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है इसी कड़ी में बोकारो हवाई अड्डा परिसर में दो सौ से अधिक गरीब जरूरतमंदों के बीच उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने सूखा राशन दिया इस मौके पर उपविकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉक डाउन के पहले से ही जिलेमर में साधन विहीन जरूरतमंदों के बीच प्रशासन और अन्य संवेदनशील लोगों के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने प्रसूता मृत्यु दर घटाने मातृत्व की आयु और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है

कार्यदल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार करेगा

एक टवीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी बुंड अनुमण्डल के कई इलाकों में अवैध उत्खनन का मामला जारी है इसी सिलसिले में सोनाहातू थाना क्षेत्र इलाके से पुलिस प्रशासन ने बगैर ट्रांजिट चालान के अवैध चिप्स से लदे चार वाहनों को जब्त किया है चेकिंग अभियान में शामिल मजिस्ट्रेट सह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अवैध उत्खनन मामले के तहत पकड़े गए सभी वाहनों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विमाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

राज्य में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिला जुला असर रहेगा कुछ जिलों में दो दिनों तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रुप से बादल छाये रहेंगे आठ जून को मौसम साफ रहेगा

विमाग के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर भी गरज के साथ वजपात और हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी है